लोकसमा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की समन्वय समिति की बैठक आज भाजपा में भी बैठकों का दौर जारी

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण देने के अपने फैसले को केन्द्र सरकार ने न्यायसंगत बताया है

गौरतलब है कि आरक्षण के फैसले को चुर्नौती देने के लिये कई याचिकाएं दायर की गई हैं

रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं के लिए तैयार किए गए इस प्रक्षेपास्त्र से देश के सुरक्षा तंत्र को और मजबूती मिलेगी

उसने बताया कि वह पाकिस्तान की ख्रिफिया एजेंसी आईएसआई के लिये काम करता था और उन्हे सूचना देने की एवज में उसे रूपये भी मिले थे

इसके लिए पहले बोली सौंपने का काम कल समाप्त होना था

राज्य के मुख्य सचिव डी दी गृप्ता ने कहा है कि सरकार बच्चों के कैंसर की दर में कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है

मुख्य सचिव ने कहा कि विकासशील देशों और विकसित देशों में बच्चों में होने वाले कैंसर के उपचार की औसत दर में बड़ा अंतर है जिसे सुधारा जाना चाहिए

अधिसूचना के अनुसार समस्त कार्यालय और कर्मचारियों तथा उसके कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित सभी सेवाएं इसमें शामिल होंगी

निर्वाचन विभाग द्वारा आचर्य संहिता के दौरान सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गयी है

प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी के स्टार प्रचारकों के दौरे तय करने के लिए कल प्रदेश कांग्रेस अभियान समिति की पहली दैठक आयोजित की गई थी समिति के अध्यक्ष रघ् शर्मा सहित राज्य सरकार के मंत्री अशोक चांदना ममता भूपेश दी डी कल्ला परसादी लाल मीणा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में भॉग लिया बैठक के बाद श्री शर्मा ने संवाददाताओं को बतायो कि पार्टी समाज के हर वर्ग से संवाद स्थापित की योजना बना रही है

प्रदेश में अलग अलग सड़क दुर्घटनों में दस लोगों की मृत्यू हो गई है कल देर रात फलौदी में दो वाहनों की टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लगने से चालक और खलासी जिंदा जल गये मृतको की पहचान नहीं हो सकी है वहीं अलवर के लक्ष्मणगढ में एक संडक दुर्घटना में जलदाय विभाग के एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि दाईक पर सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया उधर अलवर के ही एम आई ए टोल के पास एक बस की चपेट में आने से एक युवक की मृत्य हो गई इस बीच हनमानगढ के टिब्बी में एक ट्रेक्टर ट्राली के हाई वोल्टेज तार से छ जाने से ट्रेक्टर चालक की मौत हो गई पाली जिले में चंडावल बाईपास पर एक वेन का टायर फटने से वह विपरीत दिशा में जाकर चलते ट्रक से टकरा गई हादसे में वेन में सवार एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये झालावाड में अकलेरा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार दो लोगों की मृत्य हो गई सवाईमाधोपूर जिला मुख्यालय के पास कल टक की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई इंधर बीकानेर के जसरासरे गांव में डम्पर की चपेंट में आने से एक बालक की मृत्यू हो गई पुलिस इन सभी मामलो की जांच कर रही है जलदाय विभाग ने अलवर जिले के मिवाड़ी में पानी की टंकी गिरने के मामले में संबंधित सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंदित कर दिया हैं इसके साथ ही जलंदाय विभाग ने सभी अधिशाषी अभियंताओं को उनके क्षेत्र में होने वाले निर्माणों की सुरक्षा जांच रिपोर्ट दो महीने में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये है